नई दिल्ली में कल राज्यपाल बी डी मिश्रा के साथ बैठक के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई की अभिभावको गाव बुढ़ाओ और जिला प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर बड़ी संख्या में अरुणाचल प्रदेश के युवा भविष्य में सैन्य भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे अरुणाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह का लम्बी बीमारी के बाद मयदा के निजी अस्पताल में गत एक अगस्त को निधन हो गया वे बीस फरवरी से अठठारह मार्च उन्नीस सौ सत्तासी तक सत्ताइस दिनो के लिए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राज्यपाल बी डी मिश्रा ने उनके आकस्मिक निधन पर गेहरा शोक जताते हुए शोक संतप्त परिजनो के प्रति संवेदना व्यक्त की है

संघ ने इससे पहले एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य में बिना वैध दस्तावेज या ईनर लाइन परमिट के रह रहे गैर अरुणाचली लोगो से पंद्र दिनो के भीतर राज्य को छोड़ने की समय सीमा निर्धारित की थी जो सोलह अगस्त को समाप्त हो रही है मुख्य सचिव को प्रेसित एक पत्र में आपसू ने संबधित जिला उपायुक्तो और पुलिस अधीक्षको को इस अभियान के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया था संघ ने मुख्य सचिव से राज्य के सभी चेक गेट पर सख्ती से इनर लाइन परमिट की जांच के लिए कर्मियो की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है असम में हाल ही में एनआरसी का दूसरी सूची प्रकाशित होने के बाद यहां असम से अरुणाचल प्रदेश में अवैध रुप से किसी भी नागरिक के प्रवेश पर रोक लगाने के लिये आज असम अरुणाचल प्रदेश के सीमाई अंचल तथा पूर्वी सियांग जिले के अधीन ओयांन में तलाशी अभियान चलाया गया

इस दौरान असम के विभिन्न स्थानो से आये करीब पचास से भी अधिक लोगो को बगैर वैध आईएलपी के पकड़ा गया जिन्हे सिले ओयान पुलिस थाना लाया गया सिले ओयान सर्कल के अधिकारी ओसियन गाव ने कहा कि असम में एन आर सी का मसौदा प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन एलर्ट है ताकि कोई भी अवैध रुप से हमारे यहा ना आ सके और बिना इनर लाईन परमिट के पकड़े गये लोगो को अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बाहर छोड़ दिया जायेगा शिक्षा मंत्री होनचुंग नाग्डाम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल ने रोईंग बाजार का दौरा कर पीड़ित परिवारो के लिए तत्काल राहत राशि के रुप में पंद्रह लाख रुपए जारी किया रोईंग मिडिल बाजार लाइन में इकत्तीस जुलाई की रात एक भीषण आग दुर्घटना में पैंतीस दुकाने जलकर पूरी तरह नष्ट होने से बीस परिवार बेघर हो गये थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव विधायक जिग्नु नामचुम और आपदा प्रवंधन सचिव बिदोल तायेंग ने रोईंग सार्किट हाऊस में पीड़ित परिवारो से मुलाकात की और राज्य सरकार के मानदण्डो के अनुसार उन्हें राहत सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया उन्होने राहत कार्य में जिला प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया राज्यपाल बी डी मिश्रा ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कल नई दिल्ली में मिलकर एन आई टी अरुणाचल प्रदेश के निदेशक और राजीव गांधी विश्व विद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया श्री जावड़ेकर ने जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया राज्यपाल ने अपर सुबनसिरि जिले के ताकसिंगलिमेकिंग वेस्ट सियांग जिले के मेचूका अपर सियांग जिले के तुतिंग सिंगा गेलिंग अंजाव जिले के किबिथु और वालोंग सहित प्रदेश के सीमांत नगरो में केंद्रीय विद्यालयो की स्थापना का आग्रह किया

हालांकि इस दूर्घटना में किसी के हताहत होने की काई खबर नही है भालुकपोंग चारद्वार तवांग सड़क पर जगह जगह भू स्खलन से यातायात प्रभावित है